और केन्द्र सरकार ने कहा डाक विभाग जल्द खोलेगा नई बीमा कंपनी

पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रतिबंध कल से प्रभावी हो जायेगा विभाग ने सिर्फ प्लास्टिक कैरी बैग को प्रतिबंधित किया है जैविक अवशिष्ट के संग्रहण के लिए प्रयोग होने वाले पचास माइक्रॉन से अधिक के कैरी बैग को प्रतिबंधित नहीं किया गया है वहीं सभी प्रकार के खाद और अन्य पदार्थों की पैकेजिंग दूध और पौधा उगाने के लिए प्रयोग होने वाले कैरी बैग को भी इससे मुक्त रखा गया है अधिसूचना के अनुसार पॉलिथीन उत्पादन या इसके बार बार प्रयोग पर पांच साल तक की जेल और एक लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है दंड की प्रक्रिया पन्द्रह दिसम्बर से प्रभावी होगी वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली अभियान शुरू किया है मंत्रालय ने इस वर्ष अभियान का दायरा बढ़ाते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सामाजिक आंदोलन का रूप दिया है सभी स्कूलों और कॉलेजों को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है पिछले वर्ष इस अभियान के दौरान बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने आतिशबाजी कम करने की शपथ ली थी सुप्रीम कोर्ट आज देश भर में पटाखों के उत्पादन बेचने और स्टॉक पर पाबंदी की मांग को लेकर दायर याचिका पर फैसला सुनायेगा

आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या में पिछले चार वर्ष में अस्सी प्रतिशत से भी अधिक की बढोतरी हुई है एक करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या में चार साल में साठ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बताया है कि पिछले तीन साल में प्रत्यक्ष कर और सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में लगातार वृद्धि हुई है इस दौरान व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा चुकाये गये औसत कर में छब्बीस प्रतिशत की बढोतरी दर्ज की गयी है इस अवधि में वेतनभोगी करदाताओं की औसत आय में उन्नीस प्रतिशत वृद्धि हुई केंद्रीय संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि डाक विभाग जल्द ही नई बीमा कंपनी खोलेगा पटना में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि बीमा कंपनी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है उन्होंने उम्मीद जतायी कि डाक विभाग की बीमा कंपनी बाजार में उपलब्ध भारतीय जीवन बीमा निगम के बाद सभी बीमा कंपनियों के बीच सबसे अच्छी विश्वसनीयता वाली होगी श्री सिन्हा ने कहा कि डाक विभाग में पार्सल के लिए अलग से निदेशालय बनाया जायेगा केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस दिसम्बर तक देश भर में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की एक लाख पचपन हजार शाखाएं काम करने लगेंगी श्री सिन्हा ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए देश भर में दो सौ सत्रह डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोले जा चुके हैं वहीं श्री सिन्हा ने पटना में रेलवे के एक कार्यक्रम में मोकामा स्थित बंद पड़ी भारत वैगन फैक्ट्री को फिर से चालू करने की घोषणा की केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी आज प्रदेश में नमामि गंगे योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे नई दिल्ली में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठक में प्रदेश के नगर विकास और आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा सहित विभाग के वरीय अधिकारी हिस्सा लेंगे अभी प्रदेश में नमामि गंगे के तहत नौ परियोजनाओं पर काम चल रहा है जबकि दो परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया चल रही है इंटरलॉकिंग काम के कारण गया मुगलसराय रेल खंड पर कल से तीस अक्टूबर तक ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा सिर्फ महाबोधि एक्सप्रेस का परिचालन इस रूट से किया जायेगा वहीं इस रूट की कई ट्रेनें पटना होकर चलेंगी इसके अलावा कई ट्रेनों का रूट भी बदला गया है पटना में दस जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव दिया गया है सोन नगर से गया रूट और पलामू रूट में चलने वाली ट्रेनों के यात्रियों के आवागमन के लिए डेहरी से सोन नगर तक रेलवे द्वारा यात्री बस चलायी जायेगी डीआरएम पंकज सक्सेना ने बताया कि तय समय पर कार्य पूरा करने को लेकर रेलवे द्वारा अत्याधुनिक मशीनों के साथ करीब दो हजार कर्मियों को इस काम में लगाया गया है प्रदेश के किसानों से पन्द्रह नवम्बर से सरकारी स्तर पर धान की खरीद की जायेगी खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पंकज कुमार ने बताया कि इस बार सत्रह सौ पचास रूपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को भुगतान किया जायेगा जो पिछले साल की तुलना में दो सौ रूपये अधिक है रबी मौसम में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज रबी अभियान सह बीज वाहन रथ को प्रदेश के सभी जिलों के लिए रवाना करेंगे इसके तहत किसानों को निःशुल्क और अनुदानित दर पर उन्नत बीज देने के लिए कल से एक नवम्बर तक हरेक प्रखंड में विशेष शिविर का आयोजन किया जायेगा एनटीए ने यूजीसी नेट की ऑनलाईन परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है परीक्षा अठारह से बाईस दिसम्बर के बीच दो पालियों में होगी प्रवेश पत्र उन्नीस नवम्बर से एनटीए की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगा सीबीएसई ने नौवीं और ग्यारहवीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाकर तीस अक्टूबर कर दी है बिहार विधान सभा में आठ विभिन्न श्रेणियों में एक सौ छियासठ पदों पर बहाली के लिए आज से ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है आवेदन बाईस नवम्बर तक किये जा सकते हैं

पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने यह जानकारी दी

राजधानी पटना और आस पास के इलाकों में डेंगू मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है पीएमसीएच में कल चालीस नये मरीजों में डेंगू की प्रष्टि हुई है पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए दस बेड और बढ़ाये गये हैं असम के गुवाहाटी में चल रही ईस्ट जोन अंडर सिक्सटीन विजय मर्चेट ट्रॉफी के पहले मुकाबले के दूसरे दिन असम की टीम ने बिहार पर छह रनों की बढ़त बना ली है बिहार की टीम ने पहली पारी में एक सौ बहत्तर रन बनाये थे जिसके जवाब में असम ने कल का खेल खत्म होने तक नौ विकेट पर एक सौ अठहत्तर रन बना लिये थे

स्वीटी पटना जिले के बाढ़ की रहने वाली है भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर कल से बड़ी गाड़ियों का परिचालन शुरू हो जायेगा जिलाधिकारी ने बताया कि पुल की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है प्रतिबंधित नक्सली संगठन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माओवादी के कुख्यात नक्सली पप्पू यादव ने बांका के पुलिस अधीक्षक नक्सल अभियान ओम प्रकाश सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है औरंगाबाद जिले के जोगिया मोड़ के पास शैक्षणिक परिभ्रमण से लौट रहे रोहतास जिले के एक स्कूली बस ट्रक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गयी जिसमें दो छात्रों की मौत हो गयी और दो दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गये वहीं पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गयी और एक अन्य घायल हो गयीं बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र के राजावर बस्ती स्थित एक तालाब में डूबने से तीन युवकों की मौत हो गयी आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है सीबीआई का डीएसपी गिरफ्तार रिश्वत मामले में जांच एजेंसी ने कार्रवाई की विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की भूमिका की भी जांच दैनिक जागरण की सुर्खी है बिहार के लोग देश के कोने कोने में कर रहे हैं आर्थिक विकास मुख्यमंत्री दैनिक भास्कर लिखता है सीबीडीटी का खुलासा भारत में चार साल में अड़सठ प्रतिशत बढ़े करोड़पति प्रभात खबर की सुर्खी है विदेशों में अवैध धन रखने वालों के खिलाफ आयकर विभाग शुरू करेगा बड़ा अभियान राष्ट्रीय सहारा ने रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के हवाले से लिखा है रेल यात्रा को सुगम बनाने में लगी है मोदी सरकार आज की सुर्खी है आठ लाख कर्मियों को मिलेगा दिवाली का तोहफा डीए पर आज लगेगी कैबिनेट की मुहर और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश भर में कल से पॉलिथीन कैरी बैग पर लगेगा प्रतिबंध

और केन्द्र सरकार ने कहा डाक विभाग जल्द खोलेगा नई बीमा कंपनी